प्रतापगढ जिले की छोटी सादडी के गांव बम्बोरी के रहने वाले नरेश कुमार ने भी अपने जज्बे और चिकित्सा विभाग के सहयोग से इस बीमारी को मात दी

प्रदेश में प्रवासियों और श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है जयपुर रेलवे स्टेशन से आज बिहार के मधूबनी के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाडी रवाना हुई वहीं दोपहर को जयपुर से त्रिवेन्द्रम के लिए और रात को प्रयागराज के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना होगी उघर अलवर से शाम को डाल्टनगंज के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी

केरल राज्य के तिरुर से चली श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी आज दोपहर हिंडौन सिटी पहुचेगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में अशैक्षणिक गतिविधियों और मॉल्स में संचालित कार्यालयों को सोशल डिस्टेंसिंग तथा हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना के साथ खोलने की अनुमति दी जाए कल मुख्यमंत्री निवास पर हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया श्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप प्रदेश में कुछ और आवश्यक गतिविधियों को शुरू किया जा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पैदल जाने वाले श्रमिकों की संख्या काफी कम हो गई है कोरोना महामारी के कारण दंत रोगियों को समुचित उपचार की समस्याओं को देखते हुए प्रदेशभर में कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर डेंटल चिकित्सा क्लीनिकों के संचालन के लिये जोनवार अनुमति दे दी गयी है

भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि भीषण चक्रवाती तूफान एम्फन आज आज दोपहर बाद उडीसा और पश्चिम बंगाल में दस्तक दे सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर चिंता जताते हुए अपने ट्वीट संदेश में उम्मीद जताई है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया होगा हम उनकी जानमाल की सुरक्षा की कामना करते है इधर मौसम विभाग ने राज्य में आज से चार दिनों तक लू चलने की चेतावनी दी है